राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान अत्यंत कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका समुचित उपचार किया जाएगा

राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन कर रहे थे उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एकीकरण से स्धारात्मक उपायों को बढ़ावा मिलेगा और सभी हितधारकों को इस तरह के उपायों का सुझाव देने की मंच की स्थापना की जाएगी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 उन्होंने कहा कि इन सत्रों से प्राप्त सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे के विचार और उपयोग के लिए शिक्षा मंत्रालय को भैजा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हए कहा है कि यह सभी प्रानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी राज्यपालों के सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार और नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी

इसमें विद्यार्थियों की व्यावहारिक और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है राज्यपालों के सम्मेलन में वीडिया कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग करते हुए राज्यपाल ने अपने विचार रखे

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य के विश्वविद्यालयों के क्लपतियों शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड केहित में कौशल विकास जैविक कृषि आय्वेद आदि को नई शिक्षा नीति के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है रेखा आर्य मत्स्य प्रदेश की मत्स्य विकास राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्या ने निर्देश दिये हैं कि मत्स्य पालको की आय वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाए और उनके लिए बीमा का प्रावधान किया जाए राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबन्ध समिति की समीक्षा बैठक में मत्स्य पालकों से जूड़े महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा के साथ जरूरी निर्णय लिये गये बैठक में कहा गया कि प्राकृतिक आपदा के कारण मत्स्य पालन ढांचे में हए न्कसान की भरपाई के लिए मत्स्य पालकों को बीमा से जोड़ा जाएगा इसमें मत्स्य पालक मत्स्य पालन विभाग और मत्स्य अभिकरण का योगदान होगा बीमा कवर के अन्तर्गत ट्राउट सहित सभी मत्स्य प्रजाति को जोड़ा जायेगा बैठक में बताया गया कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ट्राउट प्रजाति को डेनमार्क से मंगाया जाएगा साथ ही सभी जिलों में मछली की मण्डी श्रू की जाएगी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

पोषण माह का उद्देश्य छोटे बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण की समस्या को दूर करने और सभी के लिए पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है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

उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत स्थिर है प्रशासन ने उन सभी लोगों को अपने आप को आइसोलेट करने का आग्रह किया है जो पिछले एक सप्ताह में मदन कौशिक से मिले थे गौरतलब है कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए थे इसके बाद उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था एंटीजन टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसके बाद यहां एक स्थानीय निजी अस्पताल में वे ख्द भर्ती हुए थे बाद में सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है

मसाला ग्रोथ सेन्टर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गदरपुर के गोविंदपुर न्याय पंचायत में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हिलान्स मसाला सेन्टर स्थापित किया गया है इसका संचालन उड़ान क्लस्टर संगठन कर रहा है

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत रिंकू देवी हल्दी की खेती कर मसाला ग्रोथ सेंटर को सप्लाई करती हैं इससे उन्हें आर्थिक लाभ हो रहा है

जिलाधिकारी ने पहाड़ी के सम्बन्ध में भू वैज्ञानिक और स्थानीय नागरिकों से जानकारी ली उन्होंने भू वैज्ञानिक रवि नेगी को पहाड़ी से पत्थर गिरने के संभावित कारणों की प्राथमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्त्त करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार को भेजी जाएगी सरकार की एक्सपर्ट टीम यहां का निरीक्षण करेगी और ट्रीटमेंट के लिए शासन से सिफारिश करेगी

प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तराखण्ड के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से म्लाकात की